नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल

ग्वालियर व्यापार मेले को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान

विधानसभा सत्र मध्यप्रदेश में नवगठित पंद्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरु होगा

सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी होगा

वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता के मुताबिक पार्टी विधायक दल की बैठक भोपाल में हो रही है बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सभी विधायक मौजूद हैं बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं बैठक में सत्र की रणनीति के बारे में चर्चा की जा रही है भाजपा बैठक भोपाल में कल भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे खासतौर पर मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि श्री सिंह और श्री सहस्रबुद्धे बैठक में विधायकों से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा करेंगे

कमलनाथ क्षिप्रा शनिश्चरी अमावस्या पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के सूखने से श्रद्वालुओं को स्नान में आई बाधा पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच के निर्देश दिये हैं उन्होंने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा है उन्होंने कहा है कि जानकारी होने के बाद भी श्रद्दालुओं के स्नान की माकल व्यवस्था क्यों नहीं की गई इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नर्मदा का पानी क्षिप्रा नदी में नहीं आने के मामले में भी जांच के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड का कोई छोटा सा मामला भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति और भविष्य में श्रद्वालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने निर्देश दिये हैं मंत्री बयान जेल मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि जेलों की सुरक्षा और बढ़ाई जायेगी आज भोपाल की केन्द्रीय जेल का निरीक्षण करने पहुंचे बाला बच्चन ने कहा कि कैदियों को अस्पताल में ले जाने के दौरान पहले से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जायेगी वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जायेगी शिक्षकों के समय पर पहुंचने और बेहतर शिक्षा के लिए सख्ती करनी पड़ी तो की जायेगी ये बात उन्होंने गांधी मेडीकल कॉलेज की एलुमनी मीट में कही पदभार प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री वुजेन्द्र सिंह राठौर ने आज अपना पदभार ग्रहण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन के राजस्व आय में बढ़ोत्तरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषक उपभोक्ताओं को रजिस्ट्री कराने में कठिनाई न हो इसका ध्यान रखा जाये उधर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आज दो सौ बीस किलोवाट विद्युत सब स्टेशन गोविंदपुरा कालसेण्टर और स्काडा का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें तत्काल निबटाई जाये वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने भोपाल के पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल पहुंचे यहां उन्होंने अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी स्काउट जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने कहा है कि बच्चों के सर्वागींण विकास के लिए उन्हें स्काउट आन्दोलन से जोड़ना चाहिये कल भारत स्काउट गाइड मध्यप्रदेश के राज्य प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में राज्यस्तरीय कब बुलबुल उत्सव के उद्घाटन समारोह में जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि वे बच्चे भाग्यशाली हैं जो कम उम्र में भी स्काउट आंदोलन से जुड़ जाते हैं

पेंशन योजन प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया गया है

व्यापार मेला पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर व्यापार मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे आज ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि अगले वर्ष मेले को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए सभी को मिलकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिये

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के रोडटैक्स पर पचास प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे

पर्यावरण अनुभूति स्कूली बच्चों में वन एवं वन्य प्राणियों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभिरुचि पैदा करने और उनमें जागरुकता लाने के लिए मध्यप्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस तारतम्य में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट एक पब्लिक स्कूल के एक सौ तीस बच्चों को गंगऊ अभयारण्य के कटरिया बडौर और उमरावन बीट का भ्रमण कराया गया अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रकृति की पाठशाला में इसके विविध रूपों से भी परिचित कराया जा रहा है

विदिशा के अलावा बैतूल हरदा छिंदवाडा भोपाल सीहोर होशंगाबाद राजगढ और रायसेन जिले के युवा भर्ती रैली प्रक्रिया में शामिल होंगे

मौसम प्रदेश में ठण्ड का असर बना हुआ है

वहीं भोपाल में कल का न्यूनतम तापमान दस दशमलव पांच और अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अगले दो दिनो तक प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है

पुलिस के अनुसार मृतक दो जनवरी से लापता था